उन्होंने कहा कि देश को कोरोना वायरस से उपजे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में हैं लेकिन वे अकेले नहीं हैं समूचे देश की सामुहिक शक्ति उनके साथ हैं

कोरोना वायरस संकमण के बढते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की एक टीम टोंक शहर का दौरा करेगी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक ट्वीट कर कहा है कि डब्लूएचओ की रिपोर्ट और दिशा निर्देश की पालना कर इस संकमण के फैलने को रोकने के लिए हम सब प्रयासरत है उन्होंने कहा कि हम सभी सतर्कता और संयम से इस संकमण को नियंत्रित कर तीसरे चरण में जाने से रोक सकते है प्रदेशवासियों की सुरक्षा ही हमारा संकल्प है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तबलीगी जमात के सम्पर्क में आने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचे लोगों से अपील की है कि वे संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क कर तुरंत अपना परीक्षण करायें उन्होंने कहा कि ये लोग खूद को छिपाये नहीं बल्कि सामाजिक हित में आगे आकर प्रशासन का साथ दें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोग जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है और जिनमें इस रोग के लक्षण प्रतीत होते है वे तुरंत अपनी जांच करायें

उच्चतम न्यायालय ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित सम्पूर्ण मीडिया को जिम्मेदारी की प्रबल भावना बरकरार रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे अप्रमाणित समाचारों का प्रसार न होने पाए जिनसे दहशत फैल सकती हो उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया है कि शहरों में काम करने वाले कामगारों के बड़ी संख्या में प्रवासन का कारण इस फेक न्यूज के कारण फैली दहशत थी कि लॉकडाउन तीन महीने से ज्यादा अवधि तक चलने वाला है न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि वह महामारी के बारे में निष्पक्ष चर्चा पर दखल नहीं देना चाहता लेकिन साथ ही न्यायालय ने मीडिया को घटनाक्रमों के बारे में आधिकारिक विवरण का संदर्भ लेने और प्रकाशन करने का निर्देश दिया है